कैबिनेट निर्णय केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा तीन मुफ्त गैस सिलेंडर लेने की समय सीमा बढ़ा दी है आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लाभार्थी इस साल सितंबर तक मुफ्त सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं इससे पहले लाभार्थी केवल जून तक यह सुविधा ले सकते थे लेकिन इस निर्णय से देश में लगभग सात करोड़ चालीस लाख परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर की सुविधा मिल सकेगी इसके अलावा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि पांच महीने और बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को पांच किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार के लिए एक किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाता है देश के करीब अस्सी करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की तीस तारीख को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस योजना की अवधि बढ़ाये जाने की घोषणा की थी

साथ ही प्रभारी सचिवों को माह में कम से कम एक बार अपने प्रभार वाले जिले का भ्रमण कर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं प्रभारी सचिव हर जिले के भ्रमण के संबंध में संक्षिप्त व्यौरा प्रतिमाह मुख्य सचिव को प्रस्तुत करेंगे सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले को धमतरी प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ को सरगुजा तथा बलरामपुर और प्रमुख सचिव डॉ मनिन्दर कौर द्विवेदी को महासमुन्द तथा गरियाबंद जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है वहीं सचिव डॉ एम गीता को बेमेतरा तथा कबीरधाम निहारिका बारिक को बिलासपुर सोनमणि बोरा को बस्तर डीडी सिंह को दंतेवाड़ा टीसी महावर को गौरेला पेन्ड्रा मरवाही रीता शांडिल्य को मुंगेली परदेशी सिद्वार्थ कोमल को दुर्ग अविनाश चंपावत को बलौदाबाजार भाटापारा तथा रायपुर निरंजन दास को जांजगीर चांपा प्रसन्ना आर को राजनांदगांव उमेश अग्रवाल को बालोद अन्बलगन पी को कोरबा अलरमेलमंगई डी को रायगढ़ और धनंजय देवांगन को कांकेर का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है इसके अलावा संचालक पी दयानंद सूरजपुर नीरज बंसोड सुकमा संयुक्त सचिव नरेन्द्र दुग्गा कोरिया प्रियंका शुक्ला नारायणपुर तथा कोण्डागांव आयुक्त डॉक्टर तंबोली अय्याज बीजापुर और संयुक्त सचिव भोस्कर विलास संदीपान जशपुर जिले के प्रभारी सचिव बनाए गए हैं कोरोना मरीज प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से अनेक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जानकारी के अनुसार राजनांदगांव और रायपुर जिले में दस दस नारायणपुर में सात दंतेवाड़ा से चार कोरबा से तीन कोरिया और बेमेतरा से दो दो तथा सुकमा जिले में एक कोरोना पॉजीटिव मरीज का पता चला है रायपुर में आज मिले मरीजों में बिजली विभाग का कर्मचारी डॉक्टर गृहणी सफाईकर्मी और दुकान कर्मचारी शामिल हैं वहीं राजनांदगांव जिले में आज दस नये मरीज मिले हैं उनमें डोंगरगढ़ से चार आईटीबीपी कैम्प से तीन कोविड अस्पताल पेण्ड्री से दो और राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र से एक मरीज शामिल है सभी मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है इधर सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में चार कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें चोपड़ापारा से दो मोमिनपुरा और रसुलपुर से एक एक मरीज मिला है अंबिकापुर नगर निगम के एक कर्मचारी के पिता के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर ऐहतियात के तौर पर नगर निगम कार्यालय को सील कर सैनिटाईज किया गया है उधर दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ के चार जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं ये जवान फूंडरी कैम्प में क्वारेंटाइन थे वहीं सुकमा जिले के दोरनापाल में सीआरपीएफ की दो सौ तेईसवीं बटालियन का एक जवान कोरोना संक्रमित मिला है वह छुट्टी से लौटने के बाद क्वारेंटाइन में था इसी तरह जांजगीर चांपा के डभरा क्षेत्र के कांसा गांव स्थित दो क्वारेंटाइन सेंटरों में कल अट्ठारह कोरोना संक्रमित नये मरीज मिले हैं इनमें सोलह महिलाएं भी शामिल हैं सीएमएचओ डॉक्टर एसआर बंजारे ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य अमला और अलर्ट हो गया है स्वास्थ्य मंत्री बैठक स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने अस्पताल की कमियों और खामियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं अंबिकापुर मेडिकल कालेज की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए श्री सिंहदेव ने अस्पताल प्रशासन को डॉक्टरों स्टॉफ और मरीजों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए कहा स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में निरंतर विद्युत आपूर्ति के लिए जनरेटर सेट के साथ ऑटो यूनिट स्थापित करने के भी निर्देश दिए अनलॉक औद्योगिक गतिविधि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन समाप्त और अनलॉक शुरू होने के साथ ही औद्योगिक गतिविधियों ने फिर जोर पकड़ लिया है न केवल औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई है बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी निर्मित हो रहे हैं अब तक राज्य की अस्सी प्रतिशत औद्योगिक इकाईयां चालू हो चुकी हैं और कोरोना संक्रमण के मापदंडों का पालन करते हए डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान ही औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए रणनीति तैयार कर ली गई थी अब अनलॉक शुरू होने के बाद उद्योगों को और ज्यादा रियायतें मिल गई हैं जिससे उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है अब तक लगभग ढाई सौ नवीन औद्योगिक इकाईयों में लगभग साढ़े पांच सौ करोड़ रूपए का पूंजी निवेश किया गया जिसमें तीन हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला है ट्रेन सोलर पावर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अब सौर ऊर्जा से ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है इसके लिए रायपुर रेलमंडल के चरौदा भिलाई में रेलवे एनर्जी भैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के सहयोग से चेन्नई की कंपनी द्वारा पचास मेगावॉट का सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है रेलवे ने इसके लिए लगभग एक सौ बाईस हेक्टेयर भूमि सत्ताईस साल की लीज पर दी है अगले साल मार्च दो हजार इक्कीस से इस सोलर पावर प्लांट में बिजली उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है इससे उत्पादित बिजली का उपयोग रायपुर रेलमंडल द्वारा अपनी कुछ ट्रेनों के संचालन में किया जाएगा रेलवे का दावा है कि सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली की बचत होगी और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा

परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल मंत्रालय में परिवहन विभाग की बैठक लेकर इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए उन्होंने राज्य के दूरस्थ संभागों के परमिट संबंधी लंबित प्रकरणों पर शीघ्रता से निराकरण के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर आदेश पारित करने के संबंध में भी निर्देशित किया बैठक में बताया गया कि प्रदेश में एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अब तक परमिट संबंधी प्राप्त कुल एक हजार सात सौ सत्रह आवेदन पत्रों में से साढ़े आठ सौ प्रकरणों का निराकरण किया गया है वहीं लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए संभागवार तिथि निर्धारित कर दी गई है एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने बताया कि नवा रायपुर स्थित कार्यालय से दुर्ग संभाग के बस परमिट संबंधी लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है नौ और दस जुलाई को रायपुर संभाग के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा इसी तरह वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तेरह और चौदह जुलाई को बस्तर पन्द्रह और सोलह जुलाई को सरगुजा तथा सत्रह जुलाई को बिलासपुर संभाग के लंबित प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी

पौधरोपण महाअभियान के तहत तीन लाख से प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि स्कूलों में सबसे अधिक इंक्यानवे हजार मुनगा के पौधे रोपे गए इसी तरह आंगनबाड़ी केन्द्रों में तिहत्तर हजार आश्रम छात्रावासों में पच्चीस हजार और शासकीय संस्थानों में एक लाख पांच हजार मुनगा के पौधे का रोपण किया गया इसके अलावा वन विभाग द्वारा भी बड़ी संख्या में मुनगा पौधे लगाए गए किसान हब कृषि विज्ञान केन्द्र नारायणपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक किसान हब की स्थापना की गई है कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दिब्येन्द्र दास ने बताया कि बायोटेक किसान हब के अंतर्गत जिले में धान के सूखा ब्लाइट और तनाछेदक सहनशील किस्म इंदिरा बारानी जिंक की प्रचुर मात्रा वाली किस्म जिंको राईस और छत्तीसगढ़ जिंक राईस का प्रदर्शन किया जा रहा है फैक्ट्री हादसा राजधानी रायपुर के रावाभांटा स्थित एक इस्पात फैक्ट्री में आज हुए हादसे में पन्द्रह मजदूर झुलस गए इनमें से चार की हालत गंभीर बताई गई है मिली जानकारी मुताबिक फैक्ट्री में यह घटना सुबह उस समय हुई जब फर्निश में ई गार्ड निर्माण चल रहा था तभी क्रेन का पट्टा टूट गया और गर्म लोहा नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर गया इस हादसे की चपेट में पन्द्रह मजदूर आ गए इनमें से चार मजदूरों की स्थिति गंभीर बनी हुई है सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस ने इस मामले में क्रेन ऑपरेटर और फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कैशवैन लूट गिरफ्तार रायगढ़ पुलिस ने किरोड़ीमल नगर कैशवैन लूट और हत्याकांड के मामले में दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है इन आरोपियों में से एक शार्प शूटर है जबकि दूसरा इस कांड का मास्टरमाइंड है जो किरोडीमल नगर में ही एक चिटफंड कंपनी चलाता था उल्लेखनीय है कि इस मामले में पुलिस ने घटना के कुछ घंटों बाद ही दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था

गृह मंत्री ने आज रायपुर में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल और उनकी टीम को शील्ड और शाल देकर उन्हें सम्मानित किया इस अवसर पर गृह मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को अपराधों पर नियंत्रण रखने शहर के मुख्य चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने तथा बेमेतरा में पुलिस कंट्रोल रूम बनाने और तीन पालियों में चौबीस घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन कराने और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने भी कहा दुर्ग स्पंदन अभियान दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा आज स्पंदन कार्यक्रम के तहत पाटन थाना पहंचे इस दौरान उन्होंने पुलिकर्मियों से उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की श्री सिन्हा ने पुलिस कर्मियों से कहा कि सभी समस्याओं का हल संभव है वे तनाव से मुक्ति और अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद करें समस्याओं को साझा करने से ही उसका समाधान निकलेगा बांस राखियां धमतरी जिले के स्व सहायता समूह की महिलाएं अब बांस और गोबर से राखियां तैयार कर रही हैं इन राखियों को बाजार में बीस से दो सौ रूपए तक बेचा जाएगा जिला पंचायत सीईओ नम्रता गांधी ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत ग्राम छाती में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया इसके बाद महिला समूह द्वारा आद्य बंधन नाम से राखियां तैयार की जा रही हैं इनमें बांस और गोबर की राखियां तथा कुमकुम अक्षत बंधन राखियां शामिल हैं लगभग बारह सौ राखियों के लिए आर्डर भी मिला चुका है मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की भी चेतावनी दी गई है मौसम वैज्ञानिक एचपी चन्द्रा ने बताया कि सरगुजा संभाग के कुछेक स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है

इसके लिए आमापारा वार्ड स्थित प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का चयन किया गया है

आरोपियों के पास से छह मोटर साइकिल और एक लाख दस हजार रूपए नगद राशि जब्त की गई है

इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है

इस दौरान पौध रोपण भी किया गया

पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने आज बिलासागुड़ी में जिलेमर के सभी बैंकों के प्रबंधकों की बैठक लेकर बैंकों की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए